सीबीआई ने भागलपुर बांका और सहरसा से जुड़े आठ सौ पचास करोड़ से अधिक के सूजन घोटाला मामले में चार नई प्राथमिकी दर्ज की है नई दिल्ली के सीबीआई थाने में दर्ज की गयी इस प्राथमिकी में बांका की तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर और भागलपुर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अरूण कुमार को नामजद किया गया है इसके अलावा कई बैंक अधिकारियों और सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के पदधारकों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है सृजन घोटाला मामले में सीबीआई अब तक दस प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है फिलिपिंस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर धान उत्पादन के लिए बिहार की मदद करेगा इसको लेकर आईआरआरआई के महानिदेशक डाक्टर मैथ्यू मोरेल के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने कृषि मंत्री प्रेम कुमार से मुलाकात कर किसानों को फायदा पहुंचाने पर चर्चा की उत्तर बिहार के बाढ़ और दक्षिण बिहार के सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र के एक एक कृषि फार्म को राज्य सरकार आईआरआरआई को डेमोस्ट्रेशन के लिए देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को बढ़ी हुई कीमत पर डीजल अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उन्होंने कृषि विभाग को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी सचिव और प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि आगामी तीस जून से पहले बाढ़ और सूखे के संकट से निपटने की सारी तैयारियां पूरी कर लें श्री कुमार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि बाढ़ प्रभावितों को चौबीस घंटे के अंदर पूरी राहत मिल जाए साथ ही सुखाड़ होने पर हरहाल में आकस्मिक फसल योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार के इस संकल्प को दोहराया है कि अगले वर्ष मार्च तक गंगा की सफाई का अस्सी प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि मंत्रालय अगले वर्ष आम चुनाव के पहले इसे पूरा करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहा है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता संबंधी नयी नियमावली जारी की वर्ष दो हजार इक्कीस से लागू होने वाली इस नयी नियमावली के तहत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य होगा नेट को एकमात्र पात्रता के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा हालांकि कॉलेजों में सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में नेट या पीएचडी जारी रहेगा साथ ही दुनिया के पांच सौ श्रेष्ठ रैंकिंग वाले विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से पीएचडी करने वाले लोगों की सहायक प्रोफेसर में नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि एससी एसटी कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय से मिली मंजूरी केन्द्र के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगी नई दिल्ली में उच्चस्तरीय मंत्री समूह की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेगा प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के दो हजार चार सौ तिहत्तर पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गयी है तेईस जून तक नाम वापस लिये जा सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी मिथिलेश कुमार साहू ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के छह सौ चौदह मुखिया के अड़तीस ग्राम कचहरी पंच के एक हजार सात सौ बीस ग्राम कचहरी सरपंच के पैंतालीस पंचायत समिति सदस्य के छियालीस और जिला परिषद सदस्य के दस पदों के लिए यह उप चुनाव कराया जा रहा है मतदान आठ जुलाई को होगा जबकि मतों की गिनती दस जुलाई को होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की चौबीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह पैंतालीसवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप्प और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिये एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक का अनुसरण भी कर सकते हैं मुजफ्फरपुर के केजरीवाल और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात संदिग्ध इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित पांच बच्चों की मौत हो गयी है गौरतलब है कि सिविल सर्जन ने कल सुवह ही इस संबंध में अलर्ट जारी करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों को पीएचसी में तैनात रहने को कहा था इस गर्मी में एक दिन में मौतों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है सरकारी आंकड़े के अनुसार अभी तक कुल सात बच्चो की मौत हुई है आधार जारी करने वाले यूआईडीएआई ने चेहरे के जरिए सत्यापन शुरू करने की योजना की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है अब यह सुविधा एक अगस्त से शुरू होगी यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नयी सुविधा की तैयारी के लिए कुछ और समय की आवश्यकता थी जिसके चलते यह निर्णय लिया गया राज्य सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के चौंतीस अधिकारियों का तबादला किया है इसमें एएसपी एसडीपीओ और डीएसपी के पद पर तैनात अधिकारी शामिल हैं प्रदेश में जमुई सीतामढ़ी झंझारपुर सीवान और बक्सर में मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे राज्य सरकार ने जमुई में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी है स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव डाक्टर कौशल किशोर ने बताया कि शेष अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी सीतामढी के जिलाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जिले में निजी मकान में आंगनबाडी केन्द्र के संचालन पर रोक लगाते हुए निजी मकान में संचालित एक आंगनबाडी केन्द्र को अड़तालीस घंटे के अंदर सरकारी या सार्वजनिक भवन में संचालित करने का आदेश जारी किया है साथ ही निजी मकान में आंगनबाडी केन्द्र संचालित करने वाली सेविका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है सूजन घोटाले में चार नयी एफआईआर दैनिक जागरण ने लिखा है बाढ़ से हिफाजत को गोलघर से दानापुर तक मजबूज होगी पटना की सुरक्षा दीवार दैनिक भास्कर ने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की शुरूआत को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए शीर्षक लगाया है तीन सौ पचास करोड़ लोग देखेंगे वर्ल्ड कप फीफा को होगी एकतालीस हजार करोड़ रूपये की कमाई